इसआयुवर्ग के लिए पहली मई से सबसे बडा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था महामारी केन्द्र सरकार ने महामारी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाये हैं वह यह सुनिश्चित कर रही है कि दुनिया के अन्य देशों से प्राप्त चिकित्सा सहायता सामग्री से संबंधित सीमा शुल्कआदि की अनुमति तेज गति से कराकर जल्दी से जल्दी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशोंको भेजी जा रही है

उन्होने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि टीकाकरण के लिए बनाए गए सभी बूथों पर बुजुर्गों दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो उन्होने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे टीकाकरण के बाद भी मास्क सैनिटाइजर और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें सीएम प्रेस मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में कोविड की रोकथाम और मरीजों के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया इसमे पहले एमबी पीजी कालेज में पहुंचकर उन्होंने कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की बाद में मिनी स्टेडियम पहंचकर वहां बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम और मरीजों के उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ेगी इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों के उपचार में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी

आगे भी खुराक समय पर मंगवाने की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है

उन्होने कहा कि अधिक से अधिक लोगों के टीकाकरण से ही कोरोना के संक्रमण पर प्रभावी अंक्श लगाया जा सकता है मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए की गयी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अल्मोड़ा के बेस अस्पताल पहुँचे उन्होंने अस्पताल का पूरा निरीक्षण कर कोविड से निपटने के लिए की गयी व्यवस्थाओं की जानकारी जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आर जी नौटियाल से ली पूर्व सीएम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए निशुल्क कोविड वैक्सीनेसन अभियान का शुभारंभ किया

इस मौके पर उन्होंने युवाओं को रक्तदान के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने अभी टीका नहीं लगाया वे पहले रक्तदान कर सकते हैं क्योंकि टीकाकरण के एक माह बाद तक रक्तदान नहीं किया जा सकता है

श्री खुल्बे ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू कर दिया गया है बागेश्वर कोरोना समीक्षा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने आज बागेश्वर में कोविड संक्रमण रोकने के लिये किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों और प्रदेश के अन्य जिलों से जिले में आने वाले व्यक्तियों को होम आईसोलेशन करते हुए उन्हें सभी आवश्यक दवाईयॉ उपलब्ध करायी जाए और सभी लोगों की शतप्रतिशत सैंपलिंग कराई जाए उन्होंने कोविड चिकित्सालयों में संक्रमित मरीजों के लिए सभी आवश्यक दवाईयॉ और ऑक्सीजन की व्यवस्था निरंतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि जिन क्षेत्रों को माइको कन्टेनमेंट जोन बनाया जा रहा है ऐसे क्षेत्रों में सभी लोगों की सैंपलिंग सुनिश्चित कराया जाए

जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्व्याल ने बताया कि सांसद निधि से क्रय किये जाने वाले सभी आक्सीजन सिलेन्डर सुशीला तिवारी अस्पताल को दिये जायेंगे उन्होने बताया कि कुमाऊ का सबसे बडा चिकित्सालय होने की वजह से यहां बडी संख्या मे कोविड पॉजेटिव मरीजो का इलाज किया जा रहा है ऐसे मे आक्सीजन सिलेन्डरो की खपत भी यहां ज्यादा है

टीकाकरण के पहले दिन जिले में एक हजार लोगों का टीकाकरण किया गया पहले दिन जिले में दो केन्द्र स्थापित किये गये हैं

अपरजिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस के संबंध में अपने स्तर से प्रचार प्रसार करने का अनुरोध किया

जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि जिले के जिला क्षय रोग केंद्र में वैक्सिनेश किया जा रहा है